बैठक के दौरान देश में नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के प्रयासो की समीक्षा की जा रही हैं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लॉकडाउन में और छूट देने पर विचार होने की सम्भावना है मार्च में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के घोषणा के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की यह पांचवी वीडियो कान्फ्रेंस है यह लॉकडाउन के तीसरे चरण का अंतिम सप्ताह है इसलिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रघानमंत्री की बैठक में भविष्य के रूप रेखा तय करने के महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार किया जा रहा है श्री मोदी लॉकडाउन के दौरान पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता और इस वैश्विक महामारी का उन्मूलन होने तक हिम्मत न हारने पर बल देते रहे हैं पिछले महीने आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अभी युद्द के बीच खड़ा है उन्होंने दुहराया था कि लोगों को सावधान रहना चाहिए और अपने जीवन में साफ सफाई बनाए रखने की आदत अपनानी चाहिए आर्थिक गतिविधियां तेज करने के उपायों और मजदूरों के मुददे से निपटने के तरीको पर चर्चा भी बैठक के कार्यक्रम में शामिल है भारतीय रेलवे ने कल से यात्री रेलगाडियों की सुक्धा शुरू करने की घोषणा की है शुरू में पन्द्रह जोडी रेलगाडियां चलाई जाएंगी ये रेलगाडियां नई दिल्ली से डिक्रूगढ़ अगरतला हावडा पटना बिलासपुर रांची भुबनेश्वर सिकंदराबाद बेंगलुरू चेन्नई तिरूवनंतपुरम मडगांव मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद के लिए रवाना होगी बुकिंग केवल आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए किया जा सकेगा रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर पर कोई भी टिकट जारी नहीं किया जाएगा केवल वैच कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशनों में प्रवेश करने की अनुमति होगी यात्रियों को फेस कवर या मास्क लगाना अनिवार्य है और उन्हें अपनी स्क्रीनिंग करानी होगी केवल उन्हीं यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति होगी जिनमें कोरोना का कोई भी लक्षण नहीं होगा आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग एक्सपर्ट स्पीक कार्यक्रम में कोविड नाइन्टीन महामारी के बारे में विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय प्रसारित करता है

आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है उन्नीस सौ अन्ठानवे में पोखरण में आज ही के दिन परमाणु परीक्षण किया गया था इस दिन प्रौद्योगिकी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उपायों का स्मरण कर लोगों को जागरूक किया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सुचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इस अवसर पर लोगों को श्मकामनाएं दी है अयोध्या के कारसेवक पुरम में आज साध संतों ने कोरोना योद्वा सफाईकर्मियों को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया महंत दिनेंद्र दास और महत कमल नयन दास की उपस्थिति में दो सौ इक्यावन सफाईकर्मियों को राष्ट्र रक्षा कर्मी का दर्जा देते हुए पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया सभी को खाद्य सामग्री भी दी गयी प्रदेश के पूर्वी अंचल के अधिकांश हिस्सों में कल धूल भरी आंधी और गरज चमक के साथ वर्षा होने से जन जीवन प्रभावित हुआ है वाराणसी में कल रात तेज आधी से कई स्थानों पर पेड़ टूटकर गिर गये जिससे आज सड़क यातायात बाधित रहा जिले की विजली व्यवस्था भी प्रभावित हुई है गोरखपुर बस्ती अयोध्या सुल्तानपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी तेज आंधी से नुकसान के समाचार हैं उधर बलिया जनपद में कल आकाशीय बिजली गिरने से दो बच्चों की मृत्यु हो गयी प्राकृतिक आपदा की यह घटना जनपद के सिकन्दरपुर थाना क्षेत्र के मालदह गांव में हई क्शीनगर के सांसद विजय क्मार दुबे ने बताया कि जिले में प्रस्तावित दो सौ छियासठ करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज के लिए शासन ने मंजूरी दे दी है साथ ही बीस करोड़ रुपये भी जारी किए गए हैं गोरखपुर के सहजनवां क्षेत्र के कसरवल के पास आज तड़के बालू लदा एक ट्रक पलट जाने से दो मजदूरों की मौत हो गयी और सात अन्य घायल हो गये दोनों मृतक महराजगंज के रहने वाले थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में श्रमिकों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने दिवंगत श्रमिकों के आश्रितों को दो दो लाख रूपये और गंभीर रूप से घायलों को पचास पचास हजार रूपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित इलाज के भी निर्देश दिए हैं

उनके ज्येष्ठ पुत्र ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी